तेरह घायल राहत और बचाव कार्य जारी

लोकसभा चुनाव के तीसरे से लेकर अंतिम चरण के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अररिया जिले के फारबिसगंज में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुपौल के गांधी मैदान में पार्टी प्रत्याशी रंजीत रंजन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उनके साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी मंच साझा करेंगे इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में तीसरे चरण के तहत तेईस अप्रैल को मतदान होना है प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की प्रदेश में यह चौथी रैली है जमुई सुरक्षित संसदीय क्षेत्र अंतर्गत तरीदाविल गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या दो सौ बत्तीस पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं मतदान शाम चार बजे तक चलेगा गौरतलब है कि इस ब्रथ पर ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को नुकसान पहुंचाये जाने की शिकायतें मिली थी जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे वाल्मीकिनगर के निर्वतमान भाजपा सांसद सतीश चंद्र दूबे और विधान पार्षद सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनाव नहीं लडेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों ने चूनाव नहीं लड़ने की घोषणा की पटना में पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुये कहा कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में जो कमी रह गयी उसे राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में दूर कर दिया जायेगा तेईस अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर कल से भारत नेपाल सीमा को तीन दिनों के लिये सील कर दिया जायेगा इस दौरान सभी प्रकार के यातायात ठप्प रहेंगे एसएसबी पैंतालीसवीं बटालियन के इंस्पेक्टर विपुल कुमार सिंह ने बताया कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही एम्बुलेंस की आवाजाही रहेगी सीवान जिले के सराय ओपी थाना क्षेत्र में महागठबंधन की उम्मीदवार हीना शहाब के खिलाफ आदर्श आचार संहित उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उन पर बिना अनुमति के जनसंपर्क अभियान चलाने का आरोप है वहीं खगड़िया से विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार मुकेश सहनी और एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है इधर वैशली संसदीय क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रत्नेश्वर कुमार के खिलाफ बिना अनुमति सभा किये जाने के मामले में उड़नदस्ता टीम ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है मुंगेर संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिये नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट देर रात एक बजे पूर्वा एक्सप्रेस के बारह डिब्बे पटरी से उतर गये यह रेलगाड़ी हावड़ा से नई दिल्ली आ रही थी और इसकी रूमा रेलवे स्टेशन के निकट दुर्घटना हुई रेलवे अधिकारियों के अनुसार तेरह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उत्तर मघ्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव कृष्ण बंसल ने आकाशवाणी को बताया कि दुर्घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है तेरह रेलगाडियों का मार्ग बदला गया है और एक रद्द कर दी गई है श्री बंसल ने बताया कि जिन रेलगाडियों का मार्ग बदला गया है वह शीघ्र अपने निर्धारित मार्ग पर चलने लगेंगी रेल मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग की अपर महानिदेशक स्मिता वत्स शर्मा ने बताया कि द्र्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है डिब्बों में फंसे सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है लोग टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात दो पर कॉल कर दुर्घटना के संबंध में जानकारियां ले सकते हैं पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के कानून मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा को अपने बेटे को जहानाबाद का विशेष लोक अभियोजक बनाये जाने पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है एक याचिका की सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कानून मंत्री के साथ साथ जहानाबाद जिले में बनाये गये सभी लोक अभियोजकों को नोटिस जारी किया है मामले की अगली सुनवाई अठाईस जून को होगी याचिका में कहा गया है कि बगैर कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपने चहेतों को लोक अभियोजक समेत सरकारी पैनल के अन्य पदों पर नियुक्त कर दिया गया इधर श्री वर्मा ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया नियमानुकूल हुई है बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में पुलिस ने मुंगेर युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज चांद को बरदह से गिरफ्तार कर लिया है वह कई महीनों से फरार चल रहा था एसपी गौरव मंगला ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने परवेज चांद पर हथियारों की तस्करी में सहयोग करने का आरोप लगाया था भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज में एक छात्रा पर हुये तेजाब हमले के मामले में पूलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात जागकर खुदा की इबादत करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं खानकाह और मस्जिदों में आज राज विशेष नमाज अदा की जायेगी शब ए बारात को लेकर पूरे प्रदेश में काफी चहल पहल देखी जा रही है कब्रिस्तानों और मस्जिदों तक जाने वाले रास्तों की साफ सफाई और सजावट की जा रही है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर राज्य और देश के लोगों खासकर मुसलमान भाई बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुजफ्फरपूर जिले के पारू थाना क्षेत्र के जयमल ड्मरी गांव में दो अपराधिक गिरोहों के बीच हुये गोलीबारी में कुख्यात बाबर मियां मारा गया है पुलिस ने बताया कि बाबर की गैंगवार में हत्या हुयी है अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है पटना जिले के बाढ़ और अगमक्आं थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना में दो मवेशियों समेत लगभग बीस कच्चे घर जलकर नष्ट हो गये शेखप्रा जिले के फुलचौढ में तेज आंधी के दौरान दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर दो सौ शराब भट्ठियों को नष्ट कर दिया वहीं दो सौ लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान ने लिखा है कोसी सीमांचल में आज पीएम व राहल दैनिक जागरण की सुर्खी है चौबीस साल बाद उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम आए एक साथ दैनिक भास्कर ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी बोले व्यापारियों को पचास लाख तक का लोन बिना गारंटी दिया जायेगा राष्ट्रीय सहारा लिखता है प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ शिवसेना का दामन थामा आज की सुर्खी है चुनावी बयार में गुम हो गयी गेहूं की खरीदारी प्रभात खबर ने बेटियां बोझ नहीं शीर्षक से एक खबर प्रकाशित करते हुये लिखा है उन्नीस साल की बेटी ने अपने पापा को डोनेट किया लीवर

तेरह घायल राहत और बचाव कार्य जारी